मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत अब आतंकवाद से निपटने के लिए नई नीतियां अपना रहा है

प्रधानमंत्री ने उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी

इस हमले में अनेक लोगों की मृत्यु हुई थी अनेक देशों के लोग मारे गए थे मैं मुंबई हमले में मारे गए सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं इस हमले में हमारे पुलिस बल के कई जाबाज शहीद हुए थे मैं उन्हें भी नमन करता हूं श्री मोदी ने कहा कि भारतीय संविधान की कई विशेषताएं हैं लेकिन इन सब में एक खास विशेषता कर्तव्यों के महत्व की है उन्होंने कहा कि गांधी जी मानते थे कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं और इसलिए जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो अधिकार स्वतः ही सुरक्षित हो जाएंगे बाइट प्रज्य बापू की प्रेरणा को सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिबद्धता को प्रणाम करने का दिन है ऐसे ही अनेक दूरदर्शी प्रतिनिधियों ने स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण का मार्ग तय किया देश इन प्रयासों को याद रखे

मैं पूरे देश को हमारे लोकतंत्र देश को अहम पर्व के लिए बधाई देता हूं इस दो दिवसीय सम्मेलन का उदघाटन कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था

इस साल इसका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है इसबार सम्मेलन का विषय है विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सौहार्द्रपूर्ण समन्वय गतिशील लोकतंत्र की कुंजी राष्ट्र आज संविधान दिवस मना रहा है इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान दिवस पर आज राष्ट्रपति भवन से भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया जिसे दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया गया इसमें देश के विभिन्न भागों से लोग शामिल हुए

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर संविधान की उद्देशिका का पाठन राष्ट्रपति के सानिध्य में वर्चुअल माध्यम से किया उन्होंने संविधान निर्माण में योगदान देने वाले सभी स्वाधीनता सेनानियों और महापुरूषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की प्रदेश में भी आज संविधान दिवस के अवसर पर विभिन्न शपथ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भी शासकीय अधिकारियों द्वारा संविधान दिवस पर शपथ आयोजन के समाचार है संविधान दिवस देशभर में राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है

डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी

इस अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह सहित कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहें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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों से धान की सीधी खरीद करने के लिये गंभीर है उन्होंने कहा कि धान खरीद में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी श्री योगी आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक म धान खरीद व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष के मुकाबले अब तक डेढ़ गुना धान की खरीद की जा चुकी है

मुख्यमंत्री ने धान क्रय प्रक्रिया की गहन मानीटरिंग करने के निर्देश दिये प्रदेश में शादी विवाह समारोह के दौरान सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना आवश्यक होगा लेकिन समारोह के आयोजन के लिये पुलिस या प्रशासन से काई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी इसके अलावा शादी समारोह में बैंडबाजे की भी अलग से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है गौरतलब है कि नये निर्देशों के अनुसार इन समारोहों में बंद जगहो प पर अधिकतम सौ व्यक्तियों की अन्मति निर्धारित की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शादी समारोह को लेकर स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि इसके लिये पुलिस या प्रशासनिक अधिकारियों की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि कहीं से भी पुलिस द्वारा ऐसे समारोह में दुर्व्यहार की कोई शिकायत न मिले हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सभी विवाह समारोह केवल सूचना देकर और कोविड प्रोटोकॉल तथा दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए आयोजित किये जा सकते हैं विवाह समारोह के लिये निर्धारित लोगों की संख्या में बैंडबाजे वाले या अन्य कर्मचारी शामिल नहीं माने जायेंगे उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि कोरोना की आड़ में लोगों का उत्पीड़न न हो यह सुनिश्चित किया जाये इसके लिये लोगों को जागरूक किया जाये और कोविड संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करने के लिये प्रोत्साहित किया जाये

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच पुराने समय से मजबूत संबंध है उन्होंने कहा कि आतंकवाद क विरूद्व फ्रांस भारत का सहयोगी है मुख्यमत्री ने यह बात कल फ्रांस के राजदूत इमैन्युएल लेनैन के साथ शिष्टाचार मुलाकात के दौरान कही

फ्रांस में प्रदेश के ओडीओपी उत्पादों के लिये बड़ा बाजार उपलब्ध है मुख्यमंत्री ने फ्रांस को प्रदेश में निवेश करने के लिये आमंत्रित करते हुए कहा कि यहां निवेश की असीम संभावनाएं मौज्द है